केन्द्र ने ओटीटी प्लेटफार्म के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहित की घोषणा की मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा सरकार क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटियों की घोखाघडी को लेकर गंभीर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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय किया गया

श्री गहलोत ने कहा कि कोविड वैक्सीन को लेकर डर की कोई बात नहीं है जिन लोगों का नंबर आ रहा है वे बिना डर के वैक्सीन लगवायें

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल पांच लाख तीन हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया गया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

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में किये गये इस प्रस्ताव की आज विधानसभा में जानकारी दी उन्होंने बताया कि कल बजट भाषण का एक पेज पढ़ने से रह गया था

नई दिल्ली में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि इन दिशानिर्देशों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटान के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को आपत्तिजनक सामग्री के पहले प्रवर्तक का खुलासा करना होगा

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह मेला आयोजित किया जा रहा है इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी खिलौने बनाने वाली इकाइयां अपने खिलौने प्रदर्शित करेंगी

सैकण्डरी व्यावसायिक और प्रवेशिका परीक्षायें भी उसी दिन से शुरू होंगी